सुकमा जिले में एक इनामी समेत नौ माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया

इसके लिए गृह विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है समिति में रायपुर के पुलिस महानिरीक्षक और जनसंपर्क विभाग के संचालक सदस्य होंगे मुख्यमंत्री ने बताया कि स्मार्ट फोन कॉल को अवैध रूप से टेप किया जाना नागरिकों की निजता और आजादी के हनन से जुड़ा प्रश्न है श्री बघेल ने समिति को फोन टेप की शिकायतों की विस्तृत जांच कर एक माह में तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री सम्मेलन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिर दोहराया है कि किसानों का धान हर हाल में ढाई हजार रूपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई सहयोग करे या न करे राज्य सरकार किसानों से किया हुआ वादा जरूर निमाएगी श्री बघेल कल बलौदाबाजार जिले के बिटकुली गांव में आयोजित छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी समाज के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे इस मौके पर श्री बघेल ने किसानों और ग्रामीणों की मांग पर सुहेला उप तहसील का पूर्ण तहसील बनाने की घोषणा की उन्होंने बिटकली की पूर्व माध्यमिक शाला का नामकरण स्वाधीनता सेनानी पुलस चावरे के नाम पर करने का ऐलान भी किया कृषि मंत्री समीक्षा कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा है कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय राजमार्गो के किनारे जगह चिन्हांकित कर गौठान निर्माण किया जाए श्री चौबे ने आज मंत्रालय में पशुधन विकास विभाग की समीक्षा बैठक ली इस दौरान उन्होंने प्रदेश में गौठान निर्माण की प्रगति की जानकारी लेते हुए गौठानों और गौ शालाओं में पशुओं के लिए पेयजल और चारे के समुचित इंतजाम के भी निर्देश दिए

यह टीम सोलह नवंबर तक रायपूर और बिलासपूर जिले में क्षय रोग यानी टीबी की स्थिति का निरीक्षण करेगी और राज्य में संचालित क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मरीजों की खोज तथा इलाज सहित अन्य गतिविधियों का जायजा लेगी आदिवासी नृत्य महोत्सव छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित हो रहे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की तैयारियां जोरशोर से चल रही हैं इस महोत्सव के तहत विकासखण्ड और जिला स्तर पर प्रतिर्यागिताएं शुरू हो गई हैं अंतिम प्रतियोगिता सत्ताईस अट्ठाईस और उनतीस दिसंबर को राजधानी रायपुर में होगी इस महोत्सव में छत्तीसगढ़ सहित देशभर के परंपरागत आदिवासी नृत्य शामिल किए जाएंगे महोत्सव की तैयारियों के संबंध में मुख्य सचिव आरपी मण्डल ने आज मंत्रालय में बैठक ली बैठक में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के सफल आयोजन के लिए विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई साथ ही महोत्सव के लिए देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले कलाकारों के ठहरने और उनके भोजन तथा आवागमन सहित अन्य व्यवस्थाओं के लिए संबंधित विमागों को जिम्मेदारी दी गई बैठक में स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर आगामी बारह से चौदह जनवरी तक राज्य स्तर पर होने वाले युवा महोत्सव की तैयारियों पर भी चर्चा की गई माओवादी समर्पण हत्या सुकमा जिले में आज दस लाख रूपये के एक इनामी समेत नौ माओवादियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया इनमें एक दंपत्ति भी शामिल हैं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि राज्य सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर इन माओवादियों ने समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का निर्णय लिया है

इस ग्रामीण का माओवादियों ने एक सप्ताह ै पहले अपहरण कर लिया था जिसका शव आज कामापारा के पास सड़क किनारे बरामद किया गया मृतक का नाम सुदाम हूंगा था जो गांव का पटेल था अवैध धान जब्त धमतरी जिले में आज राजस्व खाद्य विभाग और कृषि उपज मण्डी के संयुक्त जांच दल ने अवैध रूप से ले जाया जा रहा दो सौ अस्सी क्विंटल धान जब्त कर लिया है इनमें अरौद लीलर निवासी बलराम सिन्हा को चौरासी बोरा भूनेश्वर सिन्हा के साठ अभय साह के सौ और मनोज साह के एक सौ पचास बोरा धान शामिल हैं इन सभी के खिलाफ छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई

इस मौके पर प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे सिख समाज द्वारा गुरूद्वारों में अरदास के साथ अखंड पाठ का आयोजन किया जाएगा गरूनानक जयंती के उपलक्ष्य में आज सचना और प्रसारण मंत्रालय के रायपुर स्थित क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो और पत्र सुचना कार्यालय द्वारा गुरुनानक देवजी के जीवन दर्शन पर आधारित निबंध और प्रश्न मंच स्पर्धा का आयोजन किया गया निबंध प्रतियोगिता में चन्द्रकांति बघेल को पहला स्थान मिला वहीं प्रश्न मंच प्रतियोगिता में सिद्दार्थ हिमांशु गुप्ता शुभम प्रधान फैजिया परवीन मनेन्द्र राव विशाल रीना गुप्ता और सान्या अली विजेता रहे क्षेत्रीय लोक संपर्क व्यूरो के अपर महानिदेशक सुदर्शन पनतोड़े ने विजेताओं को पुरस्कार के रुप भें गुरुनानक देवजी के जीवन पर आधारित पुस्तक और प्रमाण पत्र प्रदान किए वहीं कल कार्तिक पूर्णिमा भी है इस अवसर पर नदियों और तालाबों में पवित्र स्नान करने के साथ ही भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाएगी इस मौके पर मेला का भी आयोजन किया जाएगा राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने गुरूनानक देवजी की जयंती और कार्तिक पूर्णिमा पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं कौमी एकता सप्ताह राज्य के स्कूलों में आगामी सोलह से उन्नीस नवंबर तक कौमी एकता समारोह का आयोजन किया जाएगा इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया है पत्र में कहा गया है कि प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के जन्मदिवस पर साम्प्रदायिक सद्भाव राष्ट्रीय एकता और विविघता पूर्व में एकता के लिए प्रदेश की शालाओं में कौमी एकता सप्ताह मनाया जाएगा

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार यादव ने पत्रकारवार्ता में बताया कि इस मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है इनके पास से इक्कीस मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं एक अन्य मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों के पास से तीन मोटरसाइकिलें और एक देशी कट्टा बरामद किया है संक्षिप्त समाचार वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जिनेविवा किंडो को सरगुजा संभाग का नया अपर आयुक्त बनाया गया है इससे पहले वे राज्य निर्वाचन आयोग में सचिव के तौर पर पदस्थ थीं कल लोक प्रसारण दिवस है इस मौके पर ओल्ड लिसनर्स ग्रृप ऑफ छत्तीसगढ़ जोन द्वारा राजधानी रायपुर के वृंदावन हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है

बलरामपुर में आयुष विभाग द्वारा पांच दिवसीय निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया गया इसमें योग प्रशिक्षक सत्यप्रकाश सिंह द्वारा विभिन्न प्रकार के आसन और प्राणायाम का प्रदर्शन करते हुए उनकी उपयोगिता भी बताई गई जांजगीर चांपा जिले में बलौदा पुलिस ने मनरेगा की ग्यारह लाख रूपये से अधिक की राशि गबन करने के आरोप में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है दंतेवाड़ा जिले के समेली कैम्प में पदस्थ सीआरपीएफ का जवान करंट लगने से झूलस गया मिली जानकारी के अनुसार ग्रामीणों ने सुअर पकड़ने के लिए आसपास के जंगल में तार से घेराबंदी कर उसमें करंट लगाया हुआ था इसी इलाके में गश्त के दौरान यह जवान करंट की चपेट में आ गया आज राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है प्रत्येक वर्ष ग्यारह नवम्बर को यह दिवस स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती पर मनाया जाता है स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज रायपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पांच करोड़ रूपये की लागत से बनी बह विषयक अनुसंधान इकाई एमआरयू का लोकार्पण किया रायपुर के तेलीबाँधा तालाब से आज एक युवक का शव बरामद किया गया

मृतक रायपुर नगर निगम के एक पार्षद का भाई था महासमुद पुलिस ने ट्रेन से एक युवक को सोलह किलो गांजे का अवैघ परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया है